अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज बताया कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉमोहम्मद सालेह बिन ताहिर बेंतन ने उन्हें फोन पर इस साल हज यात्रियों को सउदी अरब नहीं भेजने का सुझाव दिया है श्री नकवी ने कहा कि हज के लिए कुल दो लाख तेरह हजार आवेदन प्राप्त हुए थे उन्होंने कहा कि आवेदकों को बिना किसी कटौती के पूरी रकम वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है

सिमडेगा जिले में आज चौबीस नये कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आये हैं इस तरह राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर दो हजार एक सौ चौंसठ हो गई है इनमें से एक हजार चार सौ चौहत्तर लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर अरसठ दषमलव एक एक प्रतिषत हो गई है वहीं राज्य में कोरोना से अबतक ग्यारह लोगों की मौत हो चुकी है और मृत्यू दर का प्रतिषत शुन्य दषमलव पांच एक है इससे पहले कल राज्य में कोरोना के बयालीस नए मरीज मिले थे इनमें देवघर से ग्यारह सिमडेगा और गिरिडीह से सात सात पूर्वी सिंहभूम से छह हजारीबाग और रांची से तीन तीन चतरा से दो तथा धनबाद लोहरदगा और पलामू से एक एक संक्रमित मरीज शामिल हैं

इस सिलसिले में कोरोना मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराने के साथ उनसे जुड़े लोगों की भी जांच कराई जा रही है झरिया प्रखंड के डिगवाडीह में एक कोरोना मरीज मिलने के बाद अंचल अधिकारी के नेतृत्व में इलाके को सील कर सेनेटाइज किया जा रहा है

राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार डॉ एके वार्षणेय इस चर्चा में भाग लेंगे श्रोता हमारे स्टूडियो में सीधे फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

कोरोना महामारी की वजह से सदियों पुरानी और विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा जहां कुछ शर्तों के साथ निकाली गई वहीं राजधानी रांची सहित राज्य में कहीं भी रथयात्रा का अयोजन नहीं किया गया हालाकि भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में सादगी पूर्ण तरीके से पूजा और अनुष्ठान किए गये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जगन्नाथ रथयात्रा के पावन अवसर पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के एतिहासिक जगरनाथ मंदिर में भगवान जगरनाथ के दर्षन और प्रजन कार्यक्रम में शमिल हए उन्होंने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने रथयात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया था

विकास भारती संस्था द्वारा इस मौके पर दो सौ किसानों के बीच वन औषधि पौधे का वितरण भी किया गया इस अवसर पर संस्था के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जड़ी ब्रूटियों के माध्यम से जीवन से जीविका तक ले जाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है

हालाकि जाली नोट कारोबार का सरगना फरार हो गया

इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार करने के साथ वाहन को भी जब्त कर लिया गया है पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर ने बताया कि जिले के पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजे की खेप को ओड़िसा के कोरापट से बिहार भेजा जा रहा था

राज्य के पेयजल एवं स्वछता मंत्री मिथिलेष ठाकुर आज लातेहार जिले में कहा कि हेमंत सरकार जनता से किये गये वादों को पूरा करने की दिषा में तेजी से कदम बढ़ा रही है

कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि राज्य की सभी अठाइस बाजार समितियों का संचालन सरकार खुद करेगी इसके लिए बाजार समितियों में सरकार के प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे इस सिलसिले में विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कृषि मंत्री ने बताया कि बाजार समिति से मंडी टैक्स वसूला जाएगा जो पिछली सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था उन्होंने बताया कि मंड़ी टैक्स से प्राप्त होने वाले राजस्व से बाजार समितियों को द्रुस्त करने के साथ किसानों के कल्याण कार्य में खर्च किए जाएंगे उन्होंने बताया कि बाजार समितियों की संरचना को बेहतर बनाने की कवायद में सरकार जुटी हुई है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके

अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा और डीआरडीए के निदेशक सद्दात अनवर ने बताया कि लॉक डाउन के कारण इनके सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी

इस बाबत विधि विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है

मीडिया की खबरों में ये दावा किया जा रहा था कि विभाग की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह दावा गलत और बे बुनियाद है प्रदेश कांग्रेस की ओर से तीस जून को हूल दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उराव की अध्यक्षता में आज आयोजन समिति की बैठक में राजधानी रांची में हूल दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया इसके अलावा सभी जिलों में हुल दिवस पर अमर शहीद सिदोकान्ह भैरव और चांद को श्रदांजलि दी जाएगी इसके अलावा कांग्रेस भवन में सेमिनार का आयोजन होगा

इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहु और विधायक राजेश कच्छप समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डॉ मुखर्जी देश की अखंडता और एकता के प्रतीक थे खूंटी और जमशेदपुर जिला भाजपा कार्यालय में बलिदान दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए संक्षिप्त खबरें झारखंड विधानसभा अध्यक्ष डॉ रवीन्द्र नाथ महतो से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुलाकात की इस दौरान उन्होंने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग रखी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को रांची के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पांच लाख रुपए का चेक सौंपा जिला प्रशासन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वैच्छिक अंशदान से जमा कर यह सहायता राशि दी है दुमका में अमर शहीद सिदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू के हत्यारो की गिरफ्तारी नहीं होने पर पूर्व मंत्री डॉ लुईस मरांडी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा बारह जून को हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था